इससे पहले श्री मोदी ने कल वीडियो कांफेंसिंग के जरिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर चर्चा की थी और सुझाव मांगे थे

उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए क्वारेंटीन की बेहतर तरीके से पालना जरूरी है श्री गहलोत आज जयपुर में वीडियो कांफ़ेन्सिंग के जरिये अजमेर और जयपुर संभाग के सांसदों और विधायकों से संवाद कर रहे है

मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों से लॉकडाउन के बाद राज्य में जनजीवन पटरी पर लाने के बारे में सुझाव मांगे वहीं उन्होंने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में टिड्डी दल की समस्या के बारे में बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार इनकी रोकथाम के पूरे प्रयास कर रही है और इस संबंध में केन्द्र सरकार को भी अवगत करा दिया गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमित आधे से ज्यादा मरीज ईलाज के बाद स्वस्थ हो चुके है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक दो हजार तीन सौ बांसठ मरीज संकमण मुक्त हो चुके है

श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में बेहतर चिकित्सा प्रबंधन के कारण इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

प्रतापगढ जिले में लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरो को क्वारेन्टीन सेन्टर में रखकर उनके लिए आवश्यक सुविघाओं की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है

इस बीच आज टोंक जिले के देवली उपखण्ड क्षेत्र से बिहार के तीन सौ श्रमिकों को बसों के माध्यम से सवाईमाधोपुर भेजा गया सवाईमाधोपुर से ये लोग ट्रेन के जरिये बिहार भेजे जायेंगे आज विश्व नर्सिंग दिवस है यह दिन पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में मनाया जाता है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नर्सिंग दिवस पर उन सभी नर्सो के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जो अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में कोरोना संकट के दौरान मानवता की दिन रात सेवा कर रही है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर श्भकामनाएं देर्ते हुए कहा है कि जोघपुर शहर अपने समृद्व इतिहास संस्कृति और नागरिकों की वीरता के लिए जाना जाता है राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में आज आंधी और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने जयपुर दौसा नागौर अजमेर सावाईमाघोपुर अलवर भरतपुर करौली और घौलपुर जिलों में तेज हवाएं चलने तथा हल्की बारिश की संभावना जताई है